रोहतास जिले और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से हो रही रूक रूक कर बारिश से ठंड में बढ़ोतरी

कोई विधानसभा इसे रद्द नहीं कर सकती

राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में नये साल को लेकर लोगों में खासा उत्साह है लोग नये संकल्पों के साथ नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं वर्ष दो हजार बीस का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को आकर्षक रूप से सजाया गया है और रंगबिरंगी रोशनी की गई है पटना के प्रमुख मंदिरों गुरूद्वारों और गिरजाघरों में लोग सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पिकनिक स्थलों पर काफी चहल पहल देखी जा रही है नव वर्ष के जश्न को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि नव वर्ष का समय संकल्प और नवीकरण का होता है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई है कि यह वर्ष देश के हर नागरिक के जीवन में शांति समृद्धि और खुशी लेकर आयेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को नववर्ष की बधाई दी है श्री मोदी ने लोगों को नये वर्ष के पहले महीने में आने वाले त्योहारों की भी शुभकामनायें दी हैं नये वर्ष के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि नव वर्ष में सब का जीवन सुख समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुये प्रदेशवासियों से हर्ष उल्लास और सद्भाव के साथ नये साल की खुशी मनाने का आग्रह किया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में पिछले एक पखवाड़े से जारी कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत की मिलने की उम्मीद नहीं है ठंड से राज्य में जन जीवन अस्त व्यस्त है नव वर्ष की श्रूआत भी हाड़ कपांती ठंड के बीच हुई है मौसम विभाग ने आज भी पूरे प्रदेश में ठंड शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है आज प्रदेश में सामान्य तौर पर कई जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बने रहने की सम्भावना है हमारे सासाराम संवाददाता ने बताया कि रोहतास जिले और आस पास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले दो दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है पटना में तीन और चार जनवरी को छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान है इधर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है पटना हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान और लैंडिंग में घंटों विलंब से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू है और यह पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक है केरल विधानसभा द्वारा इस कानून को रद्द किये जाने से संबंधित एक संकल्प पारित किये जाने के बाद तिरूअनंतप्रम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकता के बारे में कोई भी कानून पारित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है और केरल विधानसभा सहित किसी भी विधानसभा को ऐसा अधिकार नहीं है श्री प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है यह सिर्फ तीन देशों पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान के छह पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में है रेल मंत्रालय ने यात्री किराये में बढ़ोत्तरी कर दी है किरायों में बढ़ोत्तरी आज से खरीदे जाने वाले टिकटों पर लागू होगी जिन यात्रियों ने पहले टिकट खरीद लिए थे उनसे बढ़ा हुआ किराया नहीं वसूला जाएगा आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट अधिभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार एसी वन एसी टू एसी थ्री चेयर कार एक्जीक्यूटिव श्रेणी सहित स्लीपर और जनरल श्रेणी में बेसिक किराया बढ़ाया गया है मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा है राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब ठीक चल रहा है श्री कुमार ने पटना में कहा कि गठबंधन के तीनों दलों में आपसी समन्वय बना हुआ है और आपस में कोई मतभेद नहीं है इस बीच उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा सिख धर्म के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ तिरेपनवां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मुख्य समारोह पटना सिटी स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में चल रहा है प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं देर रात भव्य कवि दरबार का आयोजन किया गया जिसमें देशभर से आये रागियों ने सिख गुरूओं के उपदेश शिक्षा और उनके जीवन के बारे में जानकारियां दी आज गाय घाट बड़ी संगत गुरूद्वारे से भव्य नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली जायेगी इस दौरान जगह जगह पर लोगों द्वारा नगर कीर्तन पर पूष्प वर्षा कर स्वागत किया जायेगा वहीं शोभा यात्रा के दौरान म्यूजिक बैंड पार्टी के सदस्यों की प्रस्तुति और गतका दल के सदस्यों के रोमांचक करतब आकर्षण का केन्द्र होंगे कल देर रात गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव आयोजित किया जायेगा इसके साथ ही तीन दिवसीय मुख्य समारोह सम्पन्न होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के परीक्षार्थियों का डमी प्रवेश पत्र अपनी वेबसाईट पर जारी किया है बोर्ड ने स्कूल और कॉलेज के प्राचार्यों अभिभावकों और छात्रों से चार जनवरी तक सुधार करने को कहा है बोर्ड ने कहा है कि प्रवेश पत्र में सुधार का यह अंतिम मौका है औरंगाबाद जिले में केंद्र और बिहार सरकार की सहायता से बच्चों में पुलिस के प्रति अच्छी तथा मित्रवत भावना विकसित करने के लिए थानों में बालमित्र कक्ष की स्थापना की गयी है औरंगाबाद के जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल और पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल ने इसकी शुरूआत की पश्चिम चम्पारण जिले में बैरिया थाना क्षेत्र के पखनाहा ड्मरिया गांव से एक गाजा तस्कर को पुलिस ने एक किलो छह सौ ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य के शहर शीर्ष दस में स्थान पाने में एक बार फिर विफल रहे हैं केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वे दो हजार बीस की रैंकिंग में पटना देशभर में छियालीसवें स्थान पर रहा है वहीं राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में मुजफ्फरपुर दो सौ तिरानवे पूर्णियां तीन सौ तैंतालीस और भागलपुर तीन सौ उनसठवें स्थान पर रहा

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा और जदयू नेताओं की बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है दैनिक जागरण ने इस खबर पर शीर्षक लगाया है एनडीए में छंटी ध्रंध नीतीश कुमार बोले सब ठीक है हिन्दुस्तान ने प्रकाश पर्व को लेकर निकाली गयी प्रभात फेरी को सचित्र प्रकाशित किया है इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है बिहार सरकार हर साल मनायेगी जेटली जयंती और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में उल्लास और उत्साह के वातावरण में मनाया जा रहा है नव वर्ष

रोहतास जिले और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से हो रही रूक रूक कर बारिश से ठंड में बढ़ोतरी

कोई विधानसभा इसे रद्द नहीं कर सकती